कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आहवान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है प्रधानमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिवाली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद और उन्हें बढ़ावा देने का आहवान किया उन्होंने कहा कि जब सभी लोग स्थानीय उत्पादों और उनकी ग्णवत्ता की तारीफ करने लगेंगे तो इसका असर औरों पर भी पड़ेगा और इन वस्त्ओं को बनाने वाले भी इससे लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा राज्यपाल परेड सलामी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उत्तराखण्ड निर्माण में महिलाओं का बहत बड़ा योगदान रहा है महिलाओं के समग्र कल्याण और सशक्तीकरण के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे आज राज्य स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने प्लिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड के अवसर पर यह बात कही उन्होंने रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली समारोह को संबोधित करते हए राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था और शांति की स्थापना में प्लिस अच्छा कार्य कर रही है कोविड महामारी के समय में भी प्लिस ने अग्रिम मोर्चे पर रहकर जनता की सहायता की है इस दौरान उन्होंने य्वा पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे से बचाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इसके लिए एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स बनाई गई है इस टास्क फोर्स को अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना होगा

म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य निर्माण के बाद उत्तराखंड का विकास अन्य राज्यों के मुकाबले काफी तेजी से ह्आ है उन्होंने कहा कि प्रदेश शिक्षा स्वास्थ्य अवस्थापना विकास नारी उत्थान आदि के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है इस अवसर पर राज्यपाल और म्ख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका विकसित होता उत्तराखण्ड बातें कम काम ज्यादा का विमोचन किया गैरसैंग घोषणाएं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के स्नियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी

आज राज्य स्थापना दिवस पर म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह घोषणा की उन्होंने भराड़ीसैंण स्थित विधान सभा परिसर में रैतिक परेड की सलामी ली इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं की घोषणा की मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का ऐलान किया

इस प्रोजेक्ट में मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली शौचालय पानी फर्नीचर झूले अलमारी शिक्षाप्रद खिलौने फ्लोर टाईलें वॉल पेंटिंग गैस कनेक्शन यूनिफार्म की व्यवस्था की जाएगी सर्वे के बाद फिजीबिलीटी के आधार पर दुरमी में मत्स्य पालन नौकायन विद्य्त उत्पादन आदि के लिए मल्टीपरपज तालाब का निर्माण किया जाएगा इसके अलावा भी कई अहम घोषणाएं की गई

स्थापना दिवस प्रदेश प्रदेशभर में राज्य स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए नैनीताल जिला म्ख्यालय में आयोजित म्ख्य कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री और जिला प्रभारी मदन कौशिक ने आन्दोलनकारियों और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया अल्मोड़ा में काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्य निर्माण आंदोलन के लिए शहीद हूए आंदोलनकारियों को श्रद्वासुमन अर्पित किए इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा से शीतलाखेत तक साइकिल रैली को सर्किट हाउस से रवाना किया उन्होंने सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास प्स्तिका विकसित होता उत्तराखंड का विमोचन भी किया बागेश्वर में राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाया गया जिले की प्रभारी मंत्री और राज्यमंत्री रेखा आर्या ने शहीद स्थल जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं पर श्रद्धास्मन अर्पित किये उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों और कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया चंपावत में इस अवसर पर विकास और किसान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका उदघाटन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किया उन्होंने जनपद की विकास प्स्तिका का विमोचन भी किया

म्ख्य कार्यक्रम रूद्रप्र प्लिस लाइन में आयोजित किया गया जहां सांसद अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्वांजलि दी साथ ही राज्य आंदोलनकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया पिथौरागढ़ में क्माऊं विकास मंडल के अध्यक्ष केदार जोशी ने मुख्य कार्यक्रम में प्रतिभाग किया कोराना महामारी के चलते राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाया गया उधर हरिद्वार में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगातार काम कर रही है

इस दौरान जिला आपूर्ति विभाग ने स्मार्ट राशन कार्ड स्वास्थ्य विभाग ने गोल्डन आय्ष्मान कार्ड सहकारिता विभाग ने ब्याज फ्री कृषि ऋण के चेक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने क्पोषित बच्चों को पोषण किट वितरित किये साथ ही कृषकों और उद्यानपतियों को सम्मानित किया नई टिहरी में प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया इस दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया इससे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने क्लणा मार्केट स्थित शहीद स्मारक पर शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्वास्मन अर्पित किये

उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के निर्माण में महिलाओं का अहम योगदान रहा है महिला आंदोलनकारियों के ही बलबूते आज उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हआ है उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया वोकल फॉर लोकल चमोली में इस बार दीपालवली पर्व पर बिजली की चाइनीज मालाओं की जगह पर स्थानीय स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित मालाएं बाजार में उपलब्ध होंगी

प्रशिक्षण के समापन पर मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने प्रशिक्षणार्थियो को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया